राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक भी थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का भी संचार करता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रख्यात शिक्षक दार्शनिक विद्वान राजनेता और लेखक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एस राधाक़ष्णन को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्वांजलि भी अर्पित की

ईटानगर में दोरजी खांड् कनवेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में राज्य के चालीस शिक्षकों को राज्य प्रस्कार से सम्मानित किया गया प्रस्कार प्राप्त करने वालों में चार महिला शिक्षक भी शामिल है राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किए गए शिक्षको को एक मोमेंटी शॉल सम्मान पत्र और पच्चीस हजार रुपये की राशि प्रदान की गई

इस अवसर पर प्रस्कार प्राप्त शिक्षकों ने भी स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्शो को याद करते हए कहा कि शिक्षक की भूमिका उसके लगन और परिश्रम से जुड़ी हुई है और यही उसे समाज में एक अलग पहचान दिलाता है

राज्यपाल ने अपने संदेश में आशा प्रकट की है कि सभी शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहेंगे

जिनमें छप्पन मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से बयालीस वेस्ट सियांग से और सत्रह मामले पाप्म पारे जिले से दर्ज किए गए है राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी के अन्सार वेस्ट सियांग जिले में क्छ दिनों पहले एक पिकनिक और डी जे पार्टी में शामिल लोगों में से अब तक अद्ठावन लोग कोरोना पॉजिटिव पाएं जा च्के है राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलो की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ सत्तासी हो गई है जबकि अब तक तीन हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो च्के है राज्य में कोविड से ठीक होने वाले की दर लगभग उनहत्तर प्रतिशत हो गई है उल्लेखनीय है कि प्रदेश मे पिछले एक सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी आई है

इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की स्विधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं

परिषद ने स्झाव दिया गया है कि कोविड निषिद्व क्षेत्रों में शत प्रतिशत लोगों के रेपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए

दोनों मंत्रियों ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग कल मास्को में म्लाकात की रक्षा मंत्री के कार्यालय ने बताया है कि श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती उनका आक्रामक व्यवहार और यथास्थिति बदलने की एकतरफा कोशिश सहित चीन की सेना की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है श्री सिंह ने पिछले क्छ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटनाक्रम को लेकर भारत की स्थिति से चीन के रक्षामंत्री को अवगत कराया

नॉर्थ लखीमप्र जिला उपाय्क्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच तनाव कम करने के लिए अधिक शांति समिति बैठकें आयोजित करने और संय्क्त गश्त करने की आवश्यकता पर बल दिया पापुम पारे जिला उपायुक्त पिग लिगु ने समय समय पर असम और अरुणाचल के लोंगो के बीच के ऐतिहासिक पहल्ओं और सदियों प्राने सौहार्द पर प्रकाश डाला और शांति वार्ता पर फॉलोअप जारी रखने पर जोर दिया

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हए शी योमी जिला उपाय्क्त मितो दिरची ने प्रशिक्षिओ को नए कौशल सीखने और नक्काशी थानका पेंटिंग कालीन बनाने के अपने तरीको को सुधारने के लिए प्रेरित किया